प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए नई वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीय मंचों पर साझा मानवीय हितों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है

उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान और विकास के लाभों को मुक्तभाव से साझा करने स्वास्थ्य प्रणाली को आवश्यकता के अनुसार और मानवीय रूप में विकसित करने तथा आपदा प्रबंधन के नये तौर तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंचमार्क ब्याज दरों में कमी किए जाने और सभी कर्जों के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत देने की घोषणा की है श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की वीडियो कांफ्रेंस में ये जानकारी दी

इसी तरह नकद आरक्षी अन्पात भी चार प्रतिशत से घटा कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में तीन लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक मंदी से भारत के लिए भो हालात कठिन हो सकते हैं हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन से खाद्यानों के दाम में कुछ कमी आएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं से नगदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी और कर्ज को दरों में कमी होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय स्थिरता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाओं की सराहना की है

उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का फायदा जल्दी ही सबको मिलना चाहिए वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी आर्थिक ढांचा मजबूत है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज घोषणा की है कि आम जनता की मांग पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कल से रामायण धारावाहिक का प्रसारण फिर से शुरू होगा एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि रविवार से धारावाहिक की पहली कड़ी का प्रसारण सुबह नौ बजे से दस बजे तक और दूसरी का रात नौ बजे से दस बजे तक किया जाएगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है सरकार ने यह भी कहा है कि देश में वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी वृद्धि दर में स्थिरता आने लगी है

जहां पर भी डैडिकेटिड कोविड हॉस्पिटल बनाये जा रहे हैं इसक साथ ही सारे पेशेन्ट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेन्ट हो और देश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरियेन्ट कर पायें कि उसका प्रोटोकॉल क्या है यूनिफार्मिटी ऑफ ट्रीटमेन्ट हो उसके लिये एम्स दिल्ली के साथ मिल कर अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिये शुरू की है वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान और इन्फैक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसिज और केस मैनेजमैंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरियेन्टेशन के द्वारा दी जा रही है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

केन्द्र और राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई वाणिज्य से जुड़ी विभिन्न कम्पनियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया है इसमें इन कम्पनियों पर लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभावों और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई गोयल ने इन कम्पनियों को आश्वासन दिया कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित और तीव्र गति से आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों और शराब निर्माताओं से हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में तेजी लाने को कहा है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने जिन निर्माताओँ को सैनिटाइजर बनाने का काम सौंपा है उनमें से अधिकतर ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है और कुछ अन्य एक सप्ताह में शुरू कर देंगे मंत्रालय ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी संबंधितों को एथेनॉल आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को समाप्त करने की सलाह दी गई है सैनिटाइजर बनाने के इच्छुक शराब निर्माताओं और अन्य आवेदकों को लाइसेंस जारी करने को भी कहा गया है सैनिटाइजर निर्माताओं से कहा गया है कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन शिफ्टों में काम करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों से लॉकडाउन अवधि में अपने आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की है इस संबंध में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर उनके राज्यों में प्रदेश के निवासियों को सभी व्यवस्थाएं यथा स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने इन श्रमिकों के यथा स्थान ठहरने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है इसके मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की यात्रा उनके परिवार सहित अन्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है

एक रिपोर्ट लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में खाद बीज खेती के काम में आने वाले उपकरण और रसायनों की दुकानें खुली रहेंगी मुख्यमंत्री के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जो पहले से ही मौसम की मार झेल रहे हैं और जिनकी तैयार फसल खेतों में खड़ी है मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से उन लोगों के लिए इंतजाम करने को कहा है जो पड़ोस के राज्यों से आ रहे हैं और सीमाओं पर फंसे हुए हैं उन सभी को खाना और पानी देने के साथ ही उनकी यात्रा का इंतजाम करने को कहा गया है ताकि वे सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच सके वाराणसी सहित प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर फंसे दूसरे राज्यों के पर्यटकों और श्रद्वालुओं को भी खाने के पैकेट और पानी मुहैया कराया जा रहा है राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों से भी अपील की है कि वे किसी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें ताकि उनकी मदद सरकार द्वारा की जा सके